शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी

गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस चरण में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी केवल घरेल् हवाई एंब्लेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अन्मति होगी

रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी

मृत्य्दर के मामले में छह प्रतिशत से अधिक को चिंताजनक और एक प्रतिशत से कम को सामान्य स्तर समझा जाएगा अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र के चारों ओर एक प्रतिरोधक क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए प्रतिरोधक क्षेत्र मुख्य रूप से वह क्षेत्र होगा जिसमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण न फैले लॉकडाउन प्रदेश म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन का फिर से निर्धारण करेंगे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अन्मति होगी

नरसिंहप्र जिले में अब तक कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है लिहाजा जिले में कई शिथिलताएँ दी जाएगीं

वहीं दो मरीजों के संक्रमण म्क्त होने पर कल छ्ट्टी दे दी गई

अशोकनगर में तीसरे मरीज का पता चला है बताया जा रहा है कि ये चार दिन पहले इंदौर से सिहोरा गांव लौटा था

इधर राजगढ़ जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है करेड़ी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चला है म्रैना में कोरोना पीडीत गर्भवती महिला के पांच परिजन भी संक्रमित हो गये है इनको अंबाह चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है पिछले दिनों ये अहमदाबाद से वापस लौटे थे नीमच के उम्मेदप्रा गांव की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है

उधर छिंदवाड़ा में कल अंतिम मरीज के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे गई

लोकल वोकल शिवप्री जिले में ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाएं कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लोकल का वोकल नारे को आत्मसात करते हए स्थानीय स्तर पर स्वयं पीपीई किट तैयार कर रही हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने दद्दाजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है